प्रसार भारत के अध्यक्ष ए सूर्य कांत प्रकाश ने कहा है कि च्नाव की खबरे देते समय देश की राजनीतिक सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का ध्यान रखा जाना जरूरी है उन्होंने कहा कि च्नावों से देश के विभन्न सामाजिक और आर्थिक पहल्ओं को जानने का अवसर मिलता है आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग और द्रदर्शन् द्वारा आयोजित सम्मेलन मे श्रीप्रकाश ने ये भाव व्यक्त किए अध्यक्ष ने कहा कि आकाशवाणी के समाचार प्रभाग और द्रदर्शन को हमेशा सचेत रहना चाहिए ताकि कोई भी उन पर पक्षपात का आरोप न लगा सके उन्होंने कहा कि चुनावों का विवरण देने में बहत सी योजना बनानी पड़ती है और लोगों को च्नावों को च्नावों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिये दिशा निर्देशों का ध्यान रखना चाहिए उन्होंने राजनैतिक विवरण देने में विश्वसनीयता और संतुलन रखने पर बल दिया इस अवसर पर बोलते हये सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार अपनी विश्वसनीयता के लिये जाने जाते है उन्होंने कहा कि ये जरूरी नहीं कि सबसे पहले खबर दी जाये बल्कि खबर को सही होना आवश्यक है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेमपाती ने आकाशवाणी और द्रदर्शन के बीच बेहतर तालमेल रखने पर बल दिया उन्होंने कहा कि ये दोनों सच्चाई के अधिकारिक स्त्रोत है औश्र ये आने वाले चुनावों के लिये बहत ही महत्वपुर्ण है श्री वेमपती ने कहा कि आने वाले च्नाव सोशल मीडिया से बहत प्रभावित होंगे

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य य्वा नीति तैयार करने को मंजूरी दे दी है जिसका उददेश्य राज्य के य्वाओं को उनकी पर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाना है ताकि समाज का सर्वागीण विकास हो सके

नीति का उद्देश्य उत्पादक कार्य बल का निर्माण करना है जो राज्य और भारत के आर्थिक विकास में एक स्थायी योगदान दे सके इसका उद्देश्य भविष्य की च्नौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत और स्वस्थ पीढ़ी विकसित करना भी है

नीति के उद्देश्य राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा संरक्षण संर्वधन और प्रबंधन करना है दोनों मूर्त और अमूर्त से और इसे भावी पीढ़ी को देने हेत् और कला और संस्कृति के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा देने ताकि विभिन्न कला प्रपत्र जनता के साथ लोकप्रिय हो सकें

बैठक में जिला झज्जर के गांव उखलचना को तहसील बादली से निकालकर तहसील झज्जर में शामिल करने को मंजूरी प्रदान की गई

यह जानकारी आय्ष विभाग हरियाणा के निदेशक डॉ साकेत क्मार ने भिवानी में दी

उन्होंने नाबार्ड के तहत इस सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर म्रम्मत के निर्देश दिए है लोक निर्माण राव नरबीर सिंह ने आज चंडीगढ़ में बताया कि प्रदेश के विभन्न जिलों में नाबार्ड के तहत बनी हुई कुछ सड़कों की जर्जर स्थिति को दुरूस्त करने को लेकर विशेष कार्ययोजा तैयार की गई थी

हरियाणा सरकार पहली मार्च को सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं की समयसीमा समाप्त होने या सेवा के अधिकार का उल्लंघन पर स्वै अपील की श्रुआत करने जा रही है इससे आमजन को किसी भी सरकारी सेवा के लिए बार बार आवेदन या अपील नहीं करनी पड़ेगी इस अनूठी श्रूआत से आमजन को यह स्विधा देने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन जाएगा म्ख्यमंत्री स्शासन सहयोगी कार्यक्रम के परियोजना निदेशक डॉ राकेश ग्प्ता की अध्यक्षता में हई अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट पर नोडल अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी गई आज हरियाणा चंडीगढ़ में कई सथानों पर वर्षा हो रही है कई स्थानों पर हरियाणा मे गरज के साथ ओलावृष्टि भी हई

मौसम विभाग के अन्सार कल भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है

भिवानी में भी हल्की बारिश ह्ई इस बारिश से किसानों को राहत महसूस ह्ई है यमुनानगर में तड़के से ही रूक रूक कर बारिश हई परन्तु शाम को रादौर खिजराबाद स ौरा बिलासप्र जगाधरी आदि इलाकों में तेज़ बारिश हई क्छ इलाकों में हल्की ओलावृष्टि भी ह्ई कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि हल्की बारिश का फसलों को लाभ होगा लेकिन तेज़ बारिश नुकसान दायक हो सकती है सैनिकों के मामलों में म्ख्यमंत्री मनोहर लाल के सलाहकार सेवानिवृत लेफ्टिनेंट जनरल के जे सिंह ने आज रोहतक में पूर्व सैनिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल की साथ ही हरियाणा सरकार की ओर से पर्व सैनिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की